नववर्ष के पहले दिन आज वर्चुअल माध्यम से देश के छह राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही

तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं मैं मानता हूं ये छह प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तम्म की तरह हैं ये छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कन्सट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोपरेटिव फेडरिजन की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू की जा रही छह लाइट हाउस परियोजनाएं देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएंगी श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रक्रियाओं से बनाई जाएंगी उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं न सिर्फ कम समय में सम्पन्न होंगी बल्कि गरीबों के लिए ज्यादा किफायती और आरामदायक सिद्ध होंगी श्री मोदी ने कहा कि सरकार रीयलिटी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि देश में आवास कर आठ प्रतिशत से कम करके किफायती मकानों पर एक प्रतिशत कर दिया गया है जबकि औसत मकानों पर केवल पांच प्रतिशत है छत्तीसगढ़ पुरस्कार इस बीच प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे मोर जमीन मोर मकान मॉडल को केन्द्र सरकार ने सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विजेताओं को पुरस्कृत किया छत्तीसगढ़ की ओर से नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने यह पुरस्कार ग्रहण किया इस मौके पर डोंगरगढ़ की नगर पालिका परिषद को अधिक से अधिक आवास निर्माण पूर्ण करने पर बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसके अलावा धमतरी जिले की मंजू साहू मुमताज बेगम और कबीरधाम जिले की ममता वर्मा के आवासों को देश के बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं राज्य की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय प्रशासन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है

केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना और इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है इस बीच छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण के कल होने वाले ड्राय रन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रदेश के सात जिलों रायपुर सरगुजा दुर्ग बिलासपुर राजनांदगांव बस्तर और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में कल दो जनवरी को टीकाकरण के लिए मॉकड्रिल किया जाएगा इन जिलों में जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक यह मॉकड्रिल होगा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इस ड्राय रन का उद्देश्य कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को परखना है

इस वेबसाइट के माध्यम से राज्यपाल को आम जनता द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों को भेजा जाएगा साथ ही भेजे गए आवेदनों और लंबित आवेदनों की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ई समाधान प्रणाली से जनता की समस्याओं का जल्द निराकरण होगा साथ ही सरकार जनता के प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनेगी उन्होंने कहा कि नई तकनीकों से कार्य में गति और पारदर्शिता आती है गौरतलब है कि ई समाधान वेबसाइट से राज्य के करीब बत्तीस सौ शासकीय कार्यालयों को जोड़ा गया है टोल प्लाजा फास्टैग केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल प्रभार पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से लेने की अनिवार्यता की तारीख पंद्रह फरवरी तक बढ़ा दी है इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल चार्ज नकद लेने की व्यवस्था आज एक जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग अस्सी प्रतिशत तक हो रहा है प्राधिकरण को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि पंद्रह फरवरी से यह भुगतान पूरी तरह फास्टैग से ही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग प्राधिकरण मंत्रालय से आवश्यक विनियामक अनुमति प्राप्त कर सकती है टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा इन लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुने टोल का भुगतान करना होगा

दुर्ग जिले के रिसाली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी कामगारों को मिठाई खिलाई और शॉल भेंट की इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान और श्रमिकों की भागीदारी से ही विकास की नींव खड़ी होती है मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों के हितों का ध्यान रखना और उनकी आर्थिक तरक्की के लिए नये अवसरों की तलाश करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है वहीं मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस जवानों के लिए आयोजित नववर्ष कार्यक्रम में भी शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और अर्द्वसैनिक बल के जवानों ने अतुलनीय कार्य किया है उन्होंने कहा कि पुलिस ने परित्राणाय साधुनाम के सूत्र को चरितार्थ करके दिखाया है श्री बघेल ने कहा कि पहले लोग सोशल मीडिया में पुलिस की आलोचना करते थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान राज्य की पुलिस द्वारा किए गए कार्यों से सोशल मीडिया में उनके सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की जा रही है श्री बघेल ने कहा कि पुलिस को नागरिकों से लगातार संवाद बनाकर रखना चाहिए इससे अपराधियों और अपराध के बारे में समय से पहले जानकारी मिल जाती है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों से बात की साथ ही पिछले दो वर्षों में पूलिस विभाग की उपलब्धियों पर आधारित पूस्तक का विमोचन भी किया धान खरीदी प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है इसके तहत इकतीस दिसंबर तक उनचास लाख संतानवे हजार मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है इस दौरान राज्य के बारह लाख अठासी हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार पर आरोप मढ़ने के बजाय धान खरीदी की व्यवस्था को सुधारना चाहिए उन्होंने कहा कि यदि धान खरीदी प्रभावित हुई तो भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी उधर महासमुंद जिले के डूमरडीह बेमचा और खेड़ीगांव से राजस्व और खाद्य विभाग ने आज एक सौ बयालीस बोरा धान जब्त किया है अवैध धान भंडारण और परिवहन के मामले में चार लोगों पर कार्रवाई की गई है भाजपा अजाज मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति और जिला अध्यक्षों की आज घोषणा की गई रायपुर के विकास मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वहीं सरगुजा के रामलखन सिंह पैकरा को उपाध्यक्ष सुरजपुर के सत्यनारायण सिंह को महामंत्री कांकेर के छत्रप्रताप सिंह द्रग्गा को कोषाध्यक्ष और सरगुजा के अनुज एक्का को प्रदेश मंत्री बनाया गया है इसके अलावा बालोद के गिरधर ठाक्र को प्रदेश मीडिया प्रभारी और रायपुर के आश् पोडेटी को प्रदेश कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया है

श्री बघेल ने कहा है कि चंद्रलाल चंद्राकर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है उन्होंने कहा कि चंद्रलाल चंद्राकर के योगदान को भूलाया नहीं जा सकता वहीं मुख्यमंत्री ने ताराचंद साहू की जयंती पर उन्हें भी नमन किया है श्री बघेल ने कहा कि ताराचंद साहू ने हमेशा छत्तीसगढ़ियां स्वाभिमान और अस्मिता के लिए संघर्ष किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दूर्ग में स्वर्गीय ताराचंद साह की प्रतिमा का अनावरण किया रेलवे एनएमडीसी रायपुर रेलमंडल ने वर्ष दो हजार बीस में कुल सत्ताईस मिलियन टन की लदान की उपलब्धि हासिल की है यह गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है बीते वर्ष रायपुर रेलमंडल द्वारा प्रतिदिन औसत रूप से एक हजार आठ सौ पचास वैगनों का लदान किया गया इधर देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का दिसंबर दो हजार बीस में लौह अयस्क का उत्पादन तीन दशमलव आठ छह मिलियन टन रहा जो वर्ष दो हजार उन्नीस की तुलना में तेईस दशमलव तीन प्रतिशत अधिक है नववर्ष स्वागत दुनियाभर सहित प्रदेश में नया साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोगों ने वर्ष दो हजार इक्कीस का स्वागत पूरे जोश और उल्लास के साथ किया कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों ने नववर्ष का स्वागत किया रात बारह बजते ही लोगों ने एक दूसरों को बधाई देकर नये साल की खुशियां मनाईं नये साल के पहले दिन आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई इस दौरान भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पूजा अर्चना की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक नववर्ष नई शुरुआत का अवसर देता है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास की प्रक्रिया पर जोर देता है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा कि नववर्ष एक ऐसा अवसर है जहां नई उम्मीदों और मिलजुल कर रहने की भावना को मजबूती मिलती है वहीं प्रधानमंत्री ने नववर्ष के अवसर पर देशवासियों से खूद को स्वस्थ रखने और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी निभाने कहा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वर्ष दो हजार बीस में आए कोरोना संकट से सीख लेकर हमें नये वर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए

विस्फोटक बरामद कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों ने सात किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया है मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का संयुक्त दल मर्दापाल थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान एरंडवाल और एहकली मार्ग पर सुरक्षा बलों ने सात किलो वजनी विस्फोटक और वायर तथा डेटोनेटर बरामद किया बाद में विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया

इस सेवा के माध्यम से व्यक्ति द्र्घटना जैसी आपातकालीन स्थितियों में फोन कर तत्काल मदद हासिल कर सकता है यह जानकारी आज रायपुर में राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज ने पत्रकारों से चर्चा करते हए दी उन्होंने बताया कि यह सेवा वर्तमान में राज्य के ग्यारह जिलों में संचालित की जा रही है सत्रह और जिलों में डायल एक सौ बारह शुरू होने के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़वासियों को इस सेवा का लाभ मिलने लगेगा इसके अलावा राज्य पुलिस की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में मानव तस्करी को रोकने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना करने और सभी थानों में महिला डेस्क स्थापित करने का प्रस्ताव है मुख्यमंत्री प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दो जनवरी से बिलासपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सबसे पहले रायगढ़ जिले का दौरा करेंगे इसके बाद वे तीन जनवरी को बिलासपुर और चार जनवरी को कोरबा जिले के प्रवास पर रहेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री रायगढ़ जिले में करीब चार सौ करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा आगामी आठ से दस जनवरी और सोलह से सत्रह जनवरी तक आयोजित की जाएगी परीक्षा सुबह नौ से बारह बजे और दोपहर दो से पांच बजे तक दो पालियों में संचालित की जाएगी प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रक्मार ने द्र्ग जिले के घासीदास नगर और हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया

इच्छ्क अभ्यर्थी आठ जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी ने आज बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया

इनमें से चार संयंत्र स्व सहायता समूह के माध्यम से शुरू किए जा चुके हैं बिलासपुर शहर के पल्लव भवन के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के जोनल कार्यालय में आग लगने से लाखों रूपये का सामान जलकर नष्ट हो गया कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना अंतर्गत पुलिस ने दो आरोपियों से दो लाख दस हजार रूपये कीमत का इक्कीस किलो से अधिक का गांजा बरामद किया है

इसे मिलाकर अब तक आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है वहीं कोरिया जिले में नीलगाय का शिकार करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है